इस चरण में प्रदेश की आठ सीटों पर चुनाव होने हैं ये सीटें हैं नगीना अमरोहा ब्लंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथ्रा आगरा और फतेहप्र सीकरी मतदान सुबह सात बजे से लेकर शाम छ बजे तक चलेगा मतदान स्थलों तक पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी है इस चुनाव में कुल एक करोड़ चालिस लाख मतदाता पचासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे नगीना सुरक्षित सीट से सात बुलंदशहर सुरक्षित सीट से दस अलीगढ़ से चौदह हाथरस सुरक्षित सीट से आठ मथुरा से तेरह आगरा सुरक्षित सीट से नौ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से पन्द्रह और अमरोहा से दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इनमें फिल्म अभिनेता और कॉप्रेस प्रत्याशी राजवब्बर और फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री हेमा मालिनी भी शामिल हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिये प्रचार तेज हो गया है तीसरे चरण में प्रदेश की दस लोकसभा सीटों और चौथे चरण में तेरह लोकसभा सीटों पर च्नाव कराये जायेंगे तीसरे चरण में सीटें हैं मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ आंवला बरेली और पीलीनीत चौथे चरण में शाहजहांपुर खेड़ी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर में चुनाव होंगे आंवला में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप की चुनाव सभा को सम्बोधित करते हये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश को सौ साल आगे ले जाने का काम चल रहा है लेकिन विपक्षी दल भाजपा के इस अभियान में रोड़ा डाल रहे हैं शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा में केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि विफ्री दल भाजपा के पक्ष में बने माहौल से घबरा गये हैं सपा बसपा ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिये गठबंधन किया है कानपुर देहात के रसुलाबाद में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव देश के बदलाव का चुनाव है

उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की नीति पर भी सवाल उठाया लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसुचना कल जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आज़मगढ़ जोनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं इन सभी चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो करोड़ तिरपन लाख से अधिक मतदाता है जिनमें एक करोड़ छत्तीस लाख से अधिक पुरूष एक करोड़ सत्रह लाख से अधिक महिला और एक हजार पांच सौ बत्तीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं इन चौदह संसदीय क्षेत्रों में सोलह हज़ार नौ सौ अट्ठानवे मतदान केन्द्र तथा उत्तीस हज़ार छिहत्तर पोलिंग बूथ बनाये गये है इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और छब्बीस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिये प्रदेश की महराजगंज सिद्वार्थनगर बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों की नेपाल से लगी पांच सौ पचास किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान से अड़तालिस घंटे पहले चरणबंद्व ढंग से सील कर दिया जायेगा आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध हथियार जाली नोट और मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के लिये कड़ी चौकसी बरती जा रही है सीमा की निगरानी के लिये पर्याप्त संख्या में सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की तिरानवेवी जयंती पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध आयोजन किये गये आजमगढ़ के जहानपुर क्षेत्र के रामपुर में चन्द्रशेखर स्मारक ट्रस्ट की ओर से इस अक्सर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुये पूर्व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि चन्द्रशेखर ने राष्ट्रहित के सवाल पर कभी समझौता नही किया उनका अनुयायी होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि उनके रास्ते पर चलकर राष्ट्रीय धारा का मार्ग प्रशस्त करें गोरखपुर जिले के गोरखपुर और बांसगांव सुरक्षित लोकसभा सीट के चुनाव में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिये मतदान केन्द्रों के नाम में संशोधन किया गया है संशोधित मतदान केन्द्रों के नाम की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के ँ विजयेन्द्र पाण्डियन ने जारी कर दी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदेय स्थलों के नाम को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था उसे संशोधित कर दिया गया है